केन्द्रीय वित्त मंत्री योजना केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग तिहत्तर हजार करोड़ रूपये तक की वृद्धि के लिए पांच बड़ी योजनाओं की घोषणा की है आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में मांग को बढाने के कुछ नये प्रस्तावों का ब्यौरा दिया उन्होंने बताया कि नये प्रस्तावों का उद्देश्य एलटीसी वाउचर और फेस्टिवल एडवांस देकर मांग को बढाना है वित्तमंत्री ने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजी व्यय के लिए अतिरिक्त सैंतीस हजार करोड़ रूपये दिये जायेंगे उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की दो हजार अट्ठारह से इक्कीस ब्लॉक अवधि के लिए दस दिन की छुट्टी के बदले नकद भुगतान किया जाएगा और उनकी पात्रता के अनुसार यात्रा किराया दिया जाएगा प्रधानमंत्री स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में एक सौ रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता के नाम से विख्यात थीं दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया का जीवन और उनके कार्य निर्धनों से जुड़े हुए थे और उनका जीवन जनसेवा में लगा था प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता उन व्यक्तित्वों में से एक थीं जिन्होंने पिछली सदी में भारत को दिशा दी और भारतीय राजनीति के हर महत्वपूर्ण दौर को देखा कोरोना वैक्सीन केन्द्र सरकार कोविड उपचार में बड़ी आबादी को कवर करने के लिए एक से अधिक वैक्सीन के उपयोग पर विचार कर रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक वैक्सीन या एक वैक्सीन निर्माता पूरे देश की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा श्री हर्षवर्धन रविवार संवाद की पांचवीं कड़ी के तहत अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से त्योहारों के दौरान आवश्यक ऐहतियाती उपाय बरतने का आग्रह किया

मुख्य सचिव कोविड सेंटर मुख्य सचिव आरपी मंडल ने आज रायपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित कोविड नाइंटीन कॉल सेंटर से दूरभाष पर बातचीत कर कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज से सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली श्री मंडल ने रायगढ़ जिले के सरपंच को भी फोन कर उनके गांव में कोरोना मरीजों की संख्या और उनके उपचार के किये गए प्रबंधों की जानकारी ली इस कॉल सेंटर में कोरोना मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की श्री मंडल ने सहाराना की सघन सामुदायिक सर्वे प्रदेश में कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए सघन सामुदायिक सर्वे अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में महासमुंद जिले के डिप्टी कलेक्टर और चिकित्सकों की टीम ने आज पिथौरा विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया वहीं जिला मुख्यालय के अधिकारियों का दस्ता रोज ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करके ग्रामीणों को कोरोना से बचने के बारे में जानकारी दे रहा है इसी तरह बिलासपुर जिले में भी राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के तहत कोरोना से बचाव को लेकर बिलासपुर रेलमंडल के सभी स्टेशनों और कार्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है वहीं दुर्ग जिले में भी प्रचार रथ के माध्यम से आम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जरूरी उपयों के बारे में जागरूक बनाया जा रहा है

उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग देने की सहमति दी है मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध गंभीर चिंता का विषय है हालांकि उन विषयों पर पर्याप्त कानून बने हुए हैं इसके वाबजूद उन अपराधों में कमी होते नहीं दिख रही है जो चिंता का विषय है श्री बघेल ने लिखा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित किए जाने पर ऐसे प्रकरणों की सुनवाई समय सीमा के भीतर हो सकेगी इस बीच बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने इस रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि महिला एवं बालिकाओं के विरूद्व अपराधों में शामिल तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए ताकि ऐसे अपराधों की त्वरित विवेचना कर दोषियों को खिलाफ कार्रवाई हो सकें फसल क्षति निर्देश राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरो को पत्र जारी कर फसल क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं इस साल मानसून के दौरान विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण खरीफ की फसलों को नुकसान हुआ है प्रभावित किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा फसल क्षति के संबंध में जारी निर्देश के अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है प्रभावित कृ षकों को आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए फसल क्षति का सही आंकलन अत्यंत आवश्यक है कलेक्टरों को फसल क्षति के संबंध में संपूर्ण जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर पन्द्रह दिवस के भीतर देने के निर्देश दिए गए हैं

इस संबंध में उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है अपनी याचिका में ऋचा जोगी ने कहा है कि उनके पूर्वज उन्नीस सौ पचास के पूर्व से ही मुंगेली के पास रहते आ रहे हैं और सारे दस्तावेज गोंड़ जाति के हैं मरवाही सीट में उपचुनाव के लिए जो दस्तावेज उन्हें जिला कलेक्टर कार्यालय से चाहिए उसके लिए ऑनलाइन आवेदन लगा दिया गया है लेकिन कार्यालय का स्टाफ कोरोना पीड़ित होने के कारण उन्हें कार्यालय द्वारा यह जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है गौरतलब है कि जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा ऋचा जोगी को नोटिस जारी कर उनसे जाति संबंधी दस्तावेज मांगे गए हैं उन्हें आज दोपहर बारह बजे तक दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था इस संबंध में ऋचा जोगी की ओर से आज ई मेल के जरिए जवाब पेश किया गया हमारे मुंगेली संवाददाता ने बताया है कि जिला सत्यापन समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों का सत्यापन कर समिति कल शाम तक अपना निर्णय देगी अपहरण राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र से अपहरण किए गए ढाबा संचालक के पुत्र को पुलिस ने महाराष्ट्र के साकोली क्षेत्र से सक्शल बरामद किया है पुलिस अधीक्षक डीश्रवण ने बताया कि शनिवार रात को देवादा से अपहरण किए गए बालक को आरोपी नागपुर में छोड़कर भाग गए थे यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने टीम बनाकर घेराबंदी की और बालक को अपने कब्जे में लिया गौरतलब है कि अपहरणकर्ताओं ने अगवा किए गए किशोर की मां को फोन कर पचास लाख रूपये की फिरौती मांगी थी

इस दौरान उन्होंने सैंतीस करोड़ रूपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया गौरतलब है कि ग्रामीणों ने बेरला को उप तहसील बनाने की मांग की थी इसे राज्य सरकार ने हाल ही में उप तहसील घोषित किया है फिलहाल यह लिंक कोर्ट के रूप में कार्य करेगा और यहां के लिए नायब तहसीलदार की नियुक्ति कर दी गई है हमर ग्राम सभा प्रदेश में कोरोना काल में दूरस्थ गांवों तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने में बैंक सखियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है यह बात पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में कही श्री सिंहदेव ने बताया कि बैंको की कमी वाले क्षेत्रों और सुदूर गांवों में बैंक सखी बुजुगों दिव्यांगों मनरेगा मजदूरों और बच्चों की छात्रवृत्ति की नगद राशि घर जाकर पहुंचाने का काम कर रही है इससे हितग्राहियों को गांव से दूर शहर में स्थित बैंक तक आने जाने में लगने वाले समय धन और श्रम की भी बचत होती है

इसका उद्देश्य गठिया रोग के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा सरकार और नीति निर्माताओं को इसके प्रति संवेदनशील बनाना है इस वर्ष का विषय है ये आपके हाथ है कोविड काल में अधिक सुसंगत उपाय करें आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में गठिया रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने बताया कि गठिया न केवल जोड़ों बल्कि शरीर के अन्य अंगों पर भी असर डालती है डॉक्टर कुमार ने इस बीमारी से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी हैं मौसम प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छीटें पड़ने की संभावना है वहीं दक्षिणी भाग में भारी बारिश हो सकती है कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है मौसम विज्ञानी एचपी चन्द्रा ने बताया कि बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में कल हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार एक अवदाब पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है इसके और अधिक प्रबल होकर गहरा अवदाब में बदलने की संभावना है

इनके पास से पैंतालीस लाख रूपए की सट्टा पट्टी लैपटॉप मोबाइल और द्पहिया वाहन जब्त किया गया है

वहीं बलौदाबाजार जिले के पुलिस अधीक्षक ने बिलाईगढ़ थाना में अवैध वसूली के आरोप में दो सिपाहियों को निलंबित किया है

वे साउंड सिस्टम चलाने की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं

जब्त किए गए गांजे की कीमत साढ़े बारह लाख रूपए बताई जा रही है